जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्व शून्य सहनशीलता के उद्देश्य से कार्य कर रही है इस मौके उन्होंने जिले में करोड़ों रूपए की विभिन्न विकास योजनाओं की घोषणा की उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और अन्य लोगों पर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए लीज पर जमीन देने में अनियमितताओं से जुड़े मामलें की एफआईआर रद्द कर दी है न्यायमूर्ति ए के सीकरी न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने अपील सुनवाई के लिए मंजूर कर ली लेकिन एफआईआर रद्द कर दी अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के एफआईआर रद्द न करने के आदेश को चुनौती दी थी ये एफआईआर राज्य में तत्तकालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दायर की गई थी अनुराग ठाकुर लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाकुर ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का आभार जताया है एक प्रैस बयान में उन्होंने कहा है कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हिमाचल के खिलाड़ियों व खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था लेकिन पूर्व सरकार ने प्रदेश के विकास को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजनैतिक लाभ के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार ने न्यायालय में झूठे व मन घडंत मामले दर्ज कर राज्य सरकार और एचपीसीए का पैसा बर्बाद किया है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज पावंटा में विभिन्न विकास कार्यो के संबंध में हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी

मौसम प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात जबकि अन्य भागों में बादल छाने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में सुबह से बर्फबारी हो रही है और घाटी की अंदरूनी सड़कों से रोहतांग दर्रे पर वाहनों की आवाजाही बंद है

बर्फिली हवाएं चलने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इस बदले मौसम से घाटी के किसान बागवान परेशान है जिले के अधिकतर हिस्सों में सेब और आलू की फसल को मंडियों तक पहुंचाने का काम चल रहा है जो हिमपात से प्रभावित हुआ है प्रशिक्षण केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर आधारित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आज शिमला के कुफरी में शुरू हुई

संगोष्ठी सोलन रिथत बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के पादप रोग विज्ञान विभाग द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया संगोष्ठी में योजना आयोग के पूर्व सदस्य वीएलचोपड़ा ने अपने अनुभव वैज्ञानिकों से साझा करते हुए सरकार व विश्वविद्यालयों में आपसी तालमेल बनाने पर बल दिया उन्होंने संगोष्ठी को लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे भविष्य में किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान निकलेगा